इसे माई जीओवी पोर्टल पर साझा करने की अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन प्रयासों से लोगों को मदद मिल सकती है वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि विदेश से लौटने वाले हजारों यात्रियों को राज्य सरकारों की मदद से तैयार किए गए क्वेरेन्टाईन सुविधा वाले केन्द्रों में भेजा जा रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने राज्यों में क्वेरेन्टाईन शिविरों को दौरा करें और मंत्रालय को वहां की सुविधाओं में सुधार के बारे में फीडबैक दें

इस बारे में राज्य सरकारों को परामर्श भेज दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है

खांसी और बुखार होने की रिथिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करें सार्वजनिक स्थल पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है संक्रमण से बचने के लिए साबुन और पानीया एल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना चाहिए तथा खांसते छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गए टिशू को तुरंत बंद डिब्बों में फेंक दें बुखार खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं डॉक्टर के पास जाते समय नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढक कर रखें स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर एक शून्य सात पांच जारी किया है

राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं

रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर विदेश से लौटने वाले लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है यह निर्देश स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने माना स्थित आइसोलेशन सेंटर में कोविड उन्नीस के लिए गठित राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में दिए स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि रायपुर के पास माना में साठ बिस्तरों वाले आइसोलेटेड अस्पताल की व्यवस्था है इसमें छह वेंटिलेटर्स की भी सुविधा है यहां काम करने के लिए सत्तर मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है विदेश से यात्रा करके आए ऐसे लोग जो संक्रमित नहीं है लेकिन संदिग्ध सूची में हैं उन्हें रखने की व्यवस्था निमोरा में की गई है यहां निःशुल्क आवास और भोजन व्यवस्था के साथ सभी चिकित्सीय सुविघाएं उपलब्ध है वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड ग्रामोद्योग विभाग ने रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट में आयोजित होने वाली जगार प्रदर्शनी को स्थगित कर दिया है इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि के मौके पर लगने वाला मेला सहित अन्य सभी आयोजनों को भी स्थगित कर दिया गया हैं यहां लगाए गए रोप वे आज से आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि पैदल यात्रा और कार सेवा पर भी रोक लगा दी गई है इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने पार्टी की सभी इकाईयों और कार्यकर्ताओं से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका में रहते हुए आम जनता को सहयोग करने की अपील की है उन्होंने जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया कोरोना वायरस वार्ड हेल्प डेस्क इस बीच खबर मिली है कि राज्य शासन ने प्रदेश के प्रत्येक वार्ड कार्यालयों में कोरोना वायरस महामारी संबंधी हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है इन हेल्प डेस्क में इकतीस मार्च तक सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक विभिन्न विभागों के कर्मचारी तथा अधिकारी उपस्थित रहेंगे और लोगों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा नियंत्रण के संबंध में जानकारी देंगे इसके अलावा वार्ड में स्थित विभिन्न मोहल्ले अथवा कॉलोनियों में विदेशों से प्रवास पर आए या इन वार्ड में रहने वाले लोगों के विदेश भ्रमण संबंधी जानकारी के साथ साथ कोरोना पॉजीटिव मरीजों के संपर्क में आए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी भी यहां संकलित की जाएगी

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये कांकेर महासमुंद दुर्ग बिलासपुर कोरबा और जशपुर जिला चिकित्सालयों में इस सुविधा का शुभारंभ किया जीवन धारा नाम से संचालित इस योजना के तहत जिला अस्पतालों में किडनी के मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी साथ ही इसके शुरू होने से अब मरीजों को डायलिसिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा डीजीपी बैठक पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कल दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान की समीक्षा की समीक्षा बैठक में श्री अवस्थी ने कहा कि माओवादी ऑपरेशन में तेजी लाते हुए निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जाए पुलिस महानिदेशक ने सर्चिंग तेज करने के निर्देश भी दिए हैं बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक कुलदीप सिंह पुलिस महानिरीक्षक डीएचपी राजु सहित राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे मुख्य सचिव समीक्षा मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने दंतेवाड़ा जिले के विकास के लिए संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं श्री मंडल ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर दंतेवाड़ा जिले के विकास के लिए बनाई गई विशेष कार्ययोजना की समीक्षा की उन्होंने जिले में आगामी चार वर्षो के भीतर गरीबी रेखा की सूची साठ प्रतिशत से कम कर बीस फीसदी तक करने के लिए विभिन्न विभागों को समन्वय और एकजुट होकर कार्य करने को कहा श्री मंडल ने कहा कि जिले के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जाए उन्होंने जिले के स्व सहायता समूहों को भी रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए पदस्थापना भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुब्रत साहू ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया राज्य सरकार ने कल एक आदेश जारी कर श्री साहू के प्रभार में फेरबदल किया है ये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी के स्थान पर पदस्थ किए गए हैं इसके साथ वे गृह जेल और ऊर्जा विभाग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी वाणिज्य और उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे वहीं नई पदस्थापना आदेश में गौरव द्विवेदी को पंचायत विभाग का दायित्व सौंपा गया है श्री द्विवेदी को ठाकुर प्यारेलाल पंचायत और ग्रामीण संस्थान का विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है जन्म मृत्यु ऑनलाइन पंजीयन भारत के महा रजिस्टार कार्यालय नई दिल्ली के वेबपोर्टल के माध्यम से लोग अब किसी के जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीयन घर बैठे करा सकते हैं पंजीयन के बारे में सूचनाएं ई मेल और मोबाइल पर प्राप्त की जा सकती है आधिकारिक जानकारी के अनुसार वेबपोर्टल में उपयोगकर्ताओं को राज्य की क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी में रिपोर्टिंग फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है प्रमाण पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से इसकी वैधता की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा तुरंत की जा सकती है वेबपोर्टल पर इक्कीस दिनों के भीतर सूचना दिए जाने पर पंजीयन और प्रमाण पत्र की प्रथम प्रति निःशुल्क मिलेगी महाविद्यालय फीस राज्य में संचालित गैर अनुदान प्राप्त एक सौ बत्तीस कॉलेजों में विभिन्न पाठयक्रमों के लिए शुल्क तय कर दिया गया है यह फीस आगामी तीन शिक्षा सत्रों के लिए निर्धारित की गई है राज्य में प्रवेश और फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के इक्कीस पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण और पुनरीक्षण किया जा चुका है ताकि छात्रों को प्रवेश और काउंसिलिंग के समय इस बारे में सही जानकारी मिल सके इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए रायपुर के बैरन बाजार स्थित पॉलीटेक्निक परिसर में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति कक्ष में संपर्क किया जा सकता है मौसम आगामी दो दिनों के बाद राज्य में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं